एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि सरकारी स्कूली शिक्षक पुरस्कार के लिए अपनी प्रवृष्ति सीधा मंत्रालय को भेज सकते है यह एक नई पहल है इससे पहले राज्य सरकार प्रवृष्तियों का चयन करता था मंत्रालय ने कहा कि सारी आवेदन ऑनलाईन वेब पोर्टल द्वारा स्वीकार किया जाएगा जिसे भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज विकसित व प्रबंधित करेंगे एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार के लिए नामांकन को अंतिम रुप देंगे राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने क्षेत्र के शिक्षा प्रणाली को बहाल करने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की

शिक्षण क्षेत्र में तीन नई योजनाएं मुख्य मंत्री समस्त शिक्षा योजना आचार्य द्रोणाचार्य गुरुकुल योजना और मुख्य मंत्री आधुनिक पाठशाला योजना पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श किया गया

आदी छात्र संघ आदिसू के सदस्यों ने कल मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू से भेंट की इस दौरान पासीघाट स्थित अरुणाचल स्टेट विश्वविद्यालय की स्थिति पर चर्चा किया गया श्री खाण्ड् ने छात्र संघ को बताया कि राज्य सरकार पासीघाट विश्वविद्यालय को पूरी तरह से परिचालन के लिए हर जरुरी कदम उठा रहा है उन्होंने कहा कि जल्द ही संबंद्व विश्वविद्यालय से जूड़े मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री के साथ विचार विमर्श किया जाएगा चांगलांग जिला उपायुक्त वायोंग खिमहन ने कल जिले के कृषि व संबंद्व सेक्टर पर एक समीक्षा बैठक बुलाई बैठक को संबोधित करते हुए श्री खिमहुन ने सतत विकास लाने के लिए संबंद्ध विभाग को योजना का अभिसरण करने को कहा उन्होंनें कहा कि जिले के अधिकांश आबादी कृषि पर अपनी जीवन यापन के लिए निर्भर है इस अवसर पर क्रर्षि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ नरेद्र कुमार की सुझाव का समर्थन करते हुए जिला उपायुक्त ने विचार व्यक्त किया कि मियाओ बोरदुमसा और जयरामपुर सब डिविजन में गन्ना नकदी फसल के रुप में सफल हो सकता है ग्रवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर स्थायी बेंच गर्मी की छुट़टी पर दो जुलाई से तेरह जुलाई तक बंद रहेगी छ्टटी के दौरान रजिस्ट्री के अधिकारियों और स्टाफ रोस्टर व्यवस्था के तहत कार्यालय में उपस्थित रहेंगे इसके तहत अवकाश कि पहली छमाही में पचास प्रतिशत अधिकारी व स्टाफ दो से सात जुलाई तक और बाकी पचास प्रतिशत कर्मचारी नौ से तेरह जुलाई तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे कर और अबकारी मंत्री जारकार गामलिन ने कल ईटानगर स्थित संबद्ध विभाग के नव निर्मित कॉनफ्रेंस हॉल और कम्प्यूटर लेब का उद़घाटन किया वस्तु सेवा कर के अंतर्गत जिला मुख्यालयों के अधीक्षकों और अधिकारियों को रोजमारा के गतिविधियों में मदद के लिए इस अवसर पर पच्चीस लेपटॉप और प्रिंटर वितरित किया गया अपने संबोधिन में श्री गामलिन ने विभाग के कल्याण के लिए सभी से एकजूट होकर काम करने को कहा उन्होंने कर्मचारियों से अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए अतिरिक्त कोशिश करने की भी अपील की श्री गामलिन ने विभाग को हर संभव समर्थन देने का आश्वासन दिया ईरान के तेल मंत्री ने आज ओपेक की महत्वपूर्ण बैठक का बहिस्कार किया इससे तेल उत्पाकद समूहों के बीच मतभेद गहरा गए है श्रेत्रीय दावेदार साऊदी अरब के साथ ईरान के रिश्ते और कट् हो गए है ओपेक की महत्वपूर्ण बैठक से पहले मंत्रियों के समुह के साथ वार्ता के बाद वियना में अपने होटल में संवाददाताओं से अपनी बातचीत के बार ईरान के मंत्री बिजान नामदार जंगानेह ने कहा कि मुझे किसी समझौते पर पहूंचने की सूरत नही दिखती वार्ता का उद्देश्य शुक्रवार को चौदह तेल उत्पादक देशों की बैठक के लिए जमीनी कार्य आसान बनाना है इस दौरान ये देश दस भागीदार देशों के साथ अपनी आपूर्ति और कटौती संबंधी संधि को आसान करने के लिए बातचीत करेंगे इससे द्रनिया भर में तेल आपूर्ति और कच्चे तेल के मूल्यों में कई साल से जारी वृद्धि पर भी विचार होगा पिछले साल जनवरी से तेल उप्तादन में कटौती शुरु हुई थी लेकिन गैर सदस्य रुस के समर्थन के बाद अब सऊदी अरब ने उत्पादन बढ़ाया है जिससे इस साल के दूसरे छमाही में तेल की बढ़ी मांग को पूरा किया जा सके लेकिन अब ईरान इराक और वेनुजुएला ने अवरोध खड़े किए जिससे तेल बाजार में अपना हिस्सा खोने का डर सता रहा है क्योंकि दूसरे देश कमाई के लिए अपने बाजार खोल सकते है फीफा विश्व कप में आज रात साढ़े आठ बजे वोल्गोग्रैड में नाइजीरिया की टीम आइसलैंड के साथ खेलेगी विश्वकप के इतिहास में अपना द्रसरा मैच खेलने जा रहीं आइसलैंड की टीम नाइजीरिया को उलटफेर का शिकार बनाकर इतिहास रचने की उम्मीद के साथ उतरेगी नाईजीरिया की टीम अगर आइसलैंड को नहीं हरा पाती है तो वह नॉकआउट की दौड़ से बाहर हो जाएगी आज का तीसरा मैच कैलिनिन ग्रेड में ग्रप ई में सर्बिया और स्विटजरलैंड के बीच रात साढ़े ग्यारह बजे से होगा